प्रदेश के तीन सौ पांच नक्सल प्रभावित टोले सड़क से जोड़े जायेंगे

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को शराबबंदी कानून में संशोधन करने की छूट दे दी है सरकार अब सजा और जुर्माने के नियमों में बदलाव ला सकती है महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि राज्य सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन को लेकर एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की थी इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि विधायिका किसी भी कानून में संशोधन करने को स्वतंत्र है और इसके लिये किसी की इजाजत की आवश्यकता नहीं है मौसम विभाग ने पूर्वी बिहार में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान मानसून के पहुंचने की संभावना जतायी है इसे लेकर भारतीय मौसम विभाग ने राज्य में अलर्ट जारी किया है विभाग के अनुसार मानसून ओडिशा पहुंच चुका है और पश्चिम बंगाल और झारखण्ड के कुछ क्षेत्रों से गुजरते हुये बिहार के पूर्वी इलाकों तक ग्यारह से बारह जून के बीच इसके आगमन की संभावना है मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने जानकारी दी है कि मानसून की रफ्तार समय से तीन दिन पहले चल रही है और पटना में पहली मानसूनी वर्षा ग्यारह से बारह जून के बीच होने की प्रबल संभावना है सोलह जून तक मानसून पूरे प्रदेश में एक समान रूप से फैल जायेगा इस दौरान प्रदेश के सभी भागों में तीन दिनों तक अच्छी बारिश हो सकती है राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में तीन से चार डिग्री की वृद्धि दर्ज किये जाने के कारण भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है हवा की रफ्तार थम जाने और सूरज की तीक्ष्ण किरणों के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटे में आंधी पानी और कहीं कहीं वज्रपात की संभावना व्यक्त की है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के तीन सौ पांच टोलों को एकल सड़क से जोड़ा जायेगा ग्रामीण कार्य विभाग ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सड़क विहीन टोलों को सड़क उपलब्ध कराने के लिये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है ग्रामीण कार्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण में केंद्र सरकार का अंशदान साठ प्रतिशत और राज्य सरकार का अंशदान चालीस प्रतिशत होगा इन सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी देशभर के आईआईटी में नामांकन के लिये आयोजित की गयी जेईई एडवांस परीक्षा का परिणाम आज सुबह दस बजे जारी किया जायेगा सफल अभ्यर्थी आईआईटी में दाखिले के लिये पंद्रह जून से ज्वाइंट सीट एलोकेशन ऑथिरिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं गौरतलब है कि जेईई एडवांस में सफल परीक्षार्थी देशभर के तेईस आईआईटी में नामांकन ले सकते हैं संस्थानों का आवंटन एडवांस के परीक्षा परिणाम के आधार पर किया जायेगा एम्स एमबीबीएस की प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में पटना के कोचिंग संचालक अरविंद तिवारी को गिरफ्तार किया गया है सूत्रों के अनुसार राजस्थान के जयपुर स्थित एक परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र लीक हुआ था प्रश्न पत्र लीक करने की साजिश रचने का आरोप उस पर है इस मामले में राजस्थान और बिहार की एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर कोंचिग संचालक को गिरफ्तार किया है राज्य सरकार ने मल्लाह निषाद और नोनिया जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की केन्द्र सरकार से अनुशंसा की है सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर राज्य सरकार ने मल्लाह निषाद और नोनिया जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए अनुशंसा इथनोग्राफिक अध्ययन रिपोर्ट के साथ केन्द्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजी है वर्ष दो हजार पंद्रह में राज्य सरकार ने मल्लाह निषाद और नोनिया जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए अनुशंसा जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजी थी इस आलोक में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को इन जातियों पर इथनोग्राफिक अध्ययन कराकर रिपोर्ट के अनुसार अनुशंसा भेजने की मांग की थी पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एलपी शाही का अब से कुछ देर बाद करीब दस बजे पटना के दीघा घाट पर अंतिम संस्कार किया जायेगा लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के एम्स में कल उनका निधन हो गया था वे अंठानवे वर्ष के थे शनिवार को उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया इसके बाद बोरिंग रोड स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिये रखा गया था नगर निगम और अन्य नगर निकायों में रिक्त पदों के लिये चौबीस जून को होने वाले मतदान को लेकर प्रचार तेज हो गया है प्रशासन भी इसकी तैयारी में जुटा हुआ है पटना के जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही है चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिये सरकार प्रतिबद्ध है दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गयी मृतक समस्तीपुर जिले का निवासी बताया जाता है सारण जिले में पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से विभिन्न आपराधिक मामलों में फरार चल रहे हत्या के आरोपी समेत पच्चीस से अधिक नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के कुंभी गांव में एक दंपति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली पुलिस शव को कब्जे में लेकर आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है भागलपुर जिले के विक्रमशिला स्टेशन के पास मिट्टी से दबकर दो व्यक्तियों की मौत हो गयी जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया है खगड़िया जिला के पसराहा थांना क्षेत्र में एक ट्रक अनियंत्रित होकर होटल में घु्स गया जिसकी चपेट में आने से दो व्यक्ति की मौत हो गयी मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी के निर्देश पर यौन शोषण मामले में आरोपित अल्पावास गृह को सील कर दिया गया है भागलपुर की टीम रणधीर वर्मा अंडर नाईटीन राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गयी है प्रर्णिया के डीएसए मैदान पर खेले गये पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भागलपुर ने मधुबनी को बत्तीस रन से हरा दिया वहीं समस्तीपुर में खेले जा रहे सुनैना वर्मा सीनियर महिला अंतर जोनल क्रिकेट लीग के मुकाबलों में साउथ जोन और ईस्ट जोन ने अपने अपने मैच जीत लिये हैं राज्य के जानेमाने कबड्डी अंपायर राणा रणजीत दुबई में बाईस से तीस जून तक आयोजित होने जा रही अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप के महत्वपूर्ण मुकाबलों में रेफरी की भूमिका निभायेंगे अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है इसके साथ ही कई अखबारों ने राजद में पारिवारिक मतभेद की खबर को भी प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान ने मल्लाह निषाद और नोनिया जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की सिफारिश को अपनी प्रमुख खबर बनाया है इसका शीर्षक लगाया है एसटी में आयेंगे निषाद मल्लाह और नोनिया इस खबर को अन्य अखबारों ने भी प्रमुखता दी है दैनिक जागरण ने लालू परिवार में मतभेद की खबर को प्रमुखता से छापते हुये लिखा है उपेक्षा से आहत तेजप्रताप बोले द्वारका चले जायेंगे इसी अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मादी की चीन यात्रा को सचित्र प्रकाशित करते हुये लिखा है चिनपिंग के साथ बातचीत से भारत चीन संबंधों को मिलेगी मजबूती प्रभात खबर ने शराबबंदी कानून में संशोधन से जुड़ी अपनी विशेष खबर का शीर्षक लगाया है शराब के मामले में संलिप्त पुलिस और उत्पाद विभाग के कर्मी होंगे बर्खास्त दैनिक भास्कर ने पटना के रिहायशी इलाके में गोदाम में आग लगने की खबर को प्रमुखता दी है अखबार ने शीर्षक लगाया है सिलेंडर लदे ट्रक में आग एक के बाद एक तीन सौ सीरियल ब्लास्ट अखबार ने इस हादसे से जुड़ी अन्य खबरों को तरजीह दी है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एलपी शाही के निधन से जुड़ी खबरों को भी प्रमुखता मिली है

प्रदेश के तीन सौ पांच नक्सल प्रभावित टोले सड़क से जोड़े जायेंगे